प्रदेशभर में कड़ाके की ठंड कान्हा नेशनल पार्क में शून्य तक पहुंचा पारा नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने पर विधायक रामबाई बसपा से निलंबित

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगले दशक में युवाओं के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा है कि इनके सामर्थ्य से देश का विकास होगा और भारत को आधुनिक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र आज अपने युवाओं की बदौलत नई ऊचाइयां छूने की प्रतिक्षा कर रहा है

उन्होंने कहा कि हर नागरिक के लिये आत्मनिर्भर बनना और गरिमामय जीवन जीना बहुत जरूरी है

मौसम ठंड प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने से ज्यादातर हिस्से शीतलहर की चपेट में है मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस पर आ गया राजधानी भोपाल में भी पारा लगातार दूसरे दिन भी छह डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही बर्फीली हवा और नमी के कम होने से प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि जिले में न्यूनतम तापमान एक दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है अनूपपुर सहित कई स्थानों में कार के शीशे और ऊपरी सतह के साथ फूल पत्तियों तथा धान के प्रआल में ओस की सफेद परत जम गई और जलस्रोतों के समीप सफेद चूना की परत जैसे बर्फ की चादर देखी जा रही है टीकमगढ़ में एक दशमलव पांच और गुना में दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि कड़ाके की ठंड से सिवनी नरसिंहपुर मुरैना बड़वानी खंडवा रायसेन और रतलाम जिले में भी फसलों पर ओस जम गई है शिवपुरी में घने कोहरे के चलते सतनवाड़ा के खूब घाटी पर तीन ट्रक आपस में टकरा गये जिससे चार व्यक्ति घायल हुए हैं राज्य के मालवा निवाड़ बुंदेलखण्ड ग्वालियर चंबल महाकौशल सहित भोपाल संभाग के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर चल रही है

राज्यपाल द्रौपदी मुर्म ने रांची में सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हेमन्त सोरेन को बधाई दी है

रविवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने अवैध निर्माण तोड़े उधर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ गोविन्द सिंह ने इंदौर में कहा है कि प्रदेश भर में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई अभियान जारी रहेगा उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग सहित कई अन्य विभागों के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है

यह जानकारी बसपा प्रमुख मायावती ने आज ट्वीट के जरिए दी उन्होंने कहा कि बसपा अनुशासित पार्टी है और इसे तोड़ने पर पार्टी के सांसद और विधायक आदि के विरूद्व भी तुरन्त कार्यवाही की जाती है विधायक रामबाई पर पार्टी कार्यक्रम में भाग लेने पर भी रोक लगा दी गई है वहीं रामबाई ने अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे मायावती और पार्टी के साथ थी हैं और रहेंगी उन्होंने कहा कि मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं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

यह निर्णय आज एक बैठक में लिया गया